नौ राज्यों के इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे

मौसम विभाग ने मंगलवार से पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जतायी है लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस चरण में नौ राज्यों के इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे महाराष्ट्र में सत्रह राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में आठ मध्य प्रदेश और ओडिसा में छह छह बिहार में पांच और झारखंड की तीन संसदीय सीटों पर मतदान होगा चौथे चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया था मतगणना तैयारी नैनीताल में जिला निर्वाचन कार्यालय मतदान संपन्न कराने के बाद अब मतगणना की तैयारी में जुट गया है शहर के सरगम सिनेमा हॉल में जिला निर्वाचन कार्यालय ने साढे आठ सौ मतदान कर्मचारियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सुमन सहित जिले के कई अधिकारी इस प्रशिक्षण में मौजूद रहे दो पारियों में चले इस प्रशिक्षण के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सामान्य रूप से निर्वाचन की ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

उन्होंने जागेश्वर मंदिर परिसर में बिछाये गये राजस्थानी पत्थर की जगह स्थानीय पत्थर लगाने के निर्देश दिये साथ ही मंदिर परिसर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाई गई दुकानों को हटाने को कहा मंदिर समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट ने मुख्य सचिव को क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी दी जिसे मुख्य सचिव ने जल्द दूर करने का आश्वासन दिया इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद सिंह मीणा सीडीओ और उपजिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे

तेल कलश को जिसे गाडू घड़ा भी कहते हैं फिलहाल चमोली जिले में डिम्मर गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा गया है छह मई तक हर रोज मंदिर के पुजारी तेल कलश की प्रजा अर्चना करेंगे आसपास के गांवों के लोग भी इस दौरान तेल कलश के दर्शन करेंगे सात मई को यात्रा के दूसरे चरण में गाड़ घड़ा अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगा यह यात्रा आठ मई को जोशीमठ स्थित श्री नुसिंह मंदिर से आदि गुरू शंकराचार्य जी की गद्दी और श्री रावल के साथ योगध्यान बदरी पांडुकेश्वर प्रस्थान करेगी इसके बाद नौ मई को शंकराचार्य की गद्दी रावल के साथ भगवान नारायण का उत्सव विग्रह उद्धव और कबेर की डोली बदरीनाथ धाम को रवाना होगी

मौसम उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी जिलों में तापमान बढ़ गया है उत्तरकाशी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जैसे पर्वतीय शहरों में पारा तीस डिग्री के पार है शनिवार को देहरादून में अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि हरिद्वार में अड़तीस और उधमसिंहनगर में उनतालीस डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है

मंगलवार से मौसम में बदलाव का अनुमान जताया गया है इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जतायी गई है